इसी कड़ी में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किशन कपूर आज चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के भंडार सलूणी डयूर तथा किहार में जनसंवाद कार्यक्रमों में भाग लेंगे दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के इंदपुर थाथी पलाखी बोगटा बडूखर में लोगों से रूबरू होंगे

उपायुक्त ललित जैन ने नाहन में बताया कि इस मुहिम में ग्राम पंचायतों स्वयं सहायता समूहों और महिला व युवक मण्डलों का सहयोग लिया जा रहा है उन्होंने कहा कि एकत्रित पॉलीथीन को लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा ताकि सड़कों को पक्का करने के कार्य में इसका प्रयोग किया जा सके

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों में गुड़िया कांड से जुड़ी खबरें प्रमुखता लिए हुए हैं

अमर उजाला लिखता है गुड़िया मामला शिमला के पूर्व एसपी नेगी को जमानत दिव्य हिमाचल तथा हिमाचल दस्तक के एक जैसे शब्द हैं जैदी के बाद पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को भी जमानत दैनिक जागरण का शीर्षक है जैदी के बाद अब नेगी को जमानत चुनाव से जुड़ी खबरें भी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं दिव्य हिमाचल की सुर्खी है सत्ती के चुनाव प्रचार पर रोक चुनाव आयोग ने दो दिन के लिए किसी भी तरह की चुनावी सभा में जाने पर लगाया प्रतिबंध आपका फैसला का शीर्षक है अशोभनीय टिप्पणी सत्ती पर दो दिन तक प्रचार करने पर लगी रोक दैनिक जागरण मुख्य चुनाव अधिकारी देवेश कुमार के हवाले से लिखता है बर्फ नहीं बनेगी मतदान में बाधा प्रदेश में बर्फबारी के कारण बंद सड़कों को जल्द बहाल करने के निर्देश अमर उजाला की एक खबर है करोड़ों के टैक्नोमेक बिजली घोटाले में चार्जशीट दाखिल सीआईडी ने बिजली बोर्ड के दो अफसरों समेत सात लोग बनाए आरोपी देश को रोशन करने वाले गांव मोमबत्ती के सहारे शीर्षक से आपका फैसला लिखता है कुल्लू के शागटी मरोड़ व शुगाड़ा गांव में सरकार अभी तक घरों में उजाला नहीं कर सकी मौसम से जुड़ी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है शिमला सिरमौर में ओलावृष्टि लाहौल स्पिति में गिरा हिमखंड